राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उच्च सदन में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है इस चुनाव में अट्ठाईस सीटें जीतने के बाद राज्यसभा में उन्हत्तर सदस्यों के साथ वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है जबकि कांग्रेस अब सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदश से भाजपा नेता अरूण जेटली अशोक बाजपेई जीवीएल नरसिम्हा राव हरिनाथ सिंह यादव विजय पाल सिंह तोमर सकलदीप राजभर कांता कर्दम अनिल जैन और अनिल अग्रवाल राज्यसभा के लिए चूने गये हैं जबकि समाजवादी पार्टी की जया बच्चन दसवीं सीट पर चूनाव जीतने में सफल रही हैं

श्री योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का अवसरवादी चेहरा इस चुनाव में एकबार पुनः जनता के सामने आया है बाइट राज्यसभा की उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के नौ प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल हुए है मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से सभी विजयी प्रत्याशियों की हृदय से बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ समाजवादी पार्टी का अवसरवादी चेहरा एकबार पुनः प्रदेश की जनता ने देखा है कैसे समाजवादी पार्टी दूसरों से ल तो सकती है लेकिन दे नहीं सकती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक च्र्नावों के नतीजों का असर सपा और बसपा के गठबंधन पर नहीं पड़ेगा वह आज लखनऊ में मीडिया से बातचीत कर रही थीं उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के गठबंधन को तोड़ने की साजिश रच रही है सूश्री मायावती ने कहा कि भाजपा अपने इस राजनैतिक षड्यंत्र में कामयाब नहीं होगी क्योंकि सपा और बसपा गठबंधन आगामी आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में आने से रोकने के लिए वजूद में आया है बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चूनाव में बसपा के प्रत्याशी को हराने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया है सुश्री मायावती ने अपनी पार्टी के विधायक अनिल सिंह को भाजपा उम्मीदवार को वोट देने के आरोप में पार्टी से निकालने की घोषणा भी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है वह आज बलरामपुर में एक साल नई मिसाल विषय पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबाधित कर रहे थे श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने के लिए हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं उन्होंने कहा कि इन योजनाओं और सरकार की कार्यशैली का असर एक ही साल में लोगों को दिखने लगा है और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर पहुंच

श्री योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है और उसका परिणाम एक साल में दिखाई दे रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जहां सुदृढ़ हुई है वही भू माफियों व अपराध पर लगाम लगी है मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना मुद्रा योजना जीवन ज्योति योजना जैसे अनेक योजनाओं से समाज मे पिछड़े लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है और केंद्र तथा प्रदेश की बीजेपी सरकार बिना किसी भेदभाव के लोगों के विकास और सुरक्षा के लिए कृतसंकल्पित है मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर में अधूरी पड़ी सरयू नहर परियोजना के लिए बजट दिया गया है और तय सीमा के अंदर कार्य पूरा होगा जिससे जिले के किसानों को सिंचाई की समस्या से मुक्ति मिलेगी रामकुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर प्रदेश सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य के विभिन्न जिलों में एक साल नई मिसाल कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के मंत्री विभिन्न जिलों में जाकर लोगों को सरकार की एक साल की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करा रहे हैं

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगरा में तीन हजार दो सौ सतहत्तर लाख रूपये जारी किये गये हैं इसके अलावा विभिनन योजनाओं के लिए जरूरी धनराशि मंजूर की गई है इसस जिले की दशा और दिशा बदल जायेगी उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लेकर उनके निस्तारण के लिए निर्देश दिये हैं पीलीभीत में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि योगी सरकार सभी वर्गो के हितों के लिए काम कर रही है इस अवसर पर उन्होंने कौशल मिशन कार्यक्रम के तहत आयोजित रोजगार मेले में लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिये वहीं हमीरपुर जिले में प्रभारी मंत्री मन्नु लाल ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी सतह पर दिखाई देने की अधिकारिया को हिदायत दी उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार प्रदश के सर्वांगीण विकास के प्रति गंभीरता से प्रयासरत है महोबा में काबीना मंत्री दारा सिंह चौहान ने कार्यक्रम के तहत कृषि प्रदर्शनी महारानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र तथा स्वास्थ्य विभाग की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और जिले के विकास के लिए विधायकों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया

आज विश्व क्षय रोग दिवस है लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल चौबीस मार्च को तपेदिक दिवस मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न देशों से टीबी के शीघ्र निदान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर जोर दिया है सरकार ने दो हज़ार पच्चीस तक टीबी समाप्त करने का निश्चय किया है संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत साढ़े पांच करोड़ आबादी को कवर करते हुए तपेदिक के लक्षणों का घर घर पता लगाने और इस रोग के उपचार के दौरान सभी मरीजों को जरूरी पोषण के लिए पांच सौ रूपये प्रतिमाह दने की पहल सरकार के द्वारा की है इस अवसर पर आज लखनऊ में टीबी हारेगा यूपी जीतेगा की थीम पर आयोजित एक गोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षय रोग को पूरी तरह खत्म करने के लिए व्यापक जागरूकता और जनसहभागिता की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसे मिशन के रूप में लेना चाहिए

गोष्ठी को संबोधित करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश से टीबी रोग के उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि देशभर में ग्यारह सौ से ज्यादा सीबीनेट मशीनों की स्थापना करायी गई है इसके अलावा स्थानोय जरूरतों को देखते हुए नेशनल स्टैटजिक प्लान बनाया गया है टीबी मरीजों के लिए निःशुल्क दवा और पोषण के लिए रकम की व्यवस्था भी की गई है इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राजमंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह न भी विचार व्यक्त किये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिये देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे

प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूरदर्शन समाचार के यूट्यूब चैनलों और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर भी यह उपलब्ध रहेगा कार्यक्रम के फौरन बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे दोबारा सुना जा सकेगा श्रद्धा और उल्लास का पर्व राम नवमी की तैयारियां पूरी अयोध्या म इस बार श्रीराम जन्मोत्सव दो दिन मनाया जा रहा है नगर के सभी मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है जहां मंदिरों में जन्मोत्सव की तैयारियां अपने चरम पर है वहीं श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी तेज हो गया है जिलाधिकारी अनिल पाठक ने बताया है कि राम जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए लगभग चालीस लाख श्रद्वालूओं के राम नगरी पहुंचने का अनुमान है जन्मोत्सव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम नवमी के पर्व पर प्रदशवासियों को हार्दिक श्रभकामनाएं दी है उन्होंने अपने संदश में कहा है कि भगवान श्रीराम का जीवन हम सभी को त्याग और मर्यादाओं के पालन की शिक्षा देता है जिसे हमें आत्मसात करना चाहिए